वरिष्ठ निर्वाचन उपायुक्त उमेश सिन्हा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा श्री सिन्हा ने कहा कि लोगों ने मतदान में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया लोकसभा की क्ल पांच सौ तैंतालिस में से तीन सौ तीन सीटों पर मतदान सम्पन्न हो चुका है इनमें प्रदेश की अस्सी सीटों में से छब्बीस सीटों पर मतदान सम्पन्न हो चुका है लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है इस चरण में नौ राज्यों के इकहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में इस महीने की उन्तीस तारीख को वोट डाले जाएंगे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता आज देशभर में रैलियों को सम्बोधित कर रहे हैं इस चरण में प्रदेश की जिन तेरह सीटों पर मतदान होगा उनमें शाहजहांपुर सुरक्षित खीरी हरदोई सुरक्षित मिश्रिख सुरक्षित उन्नाव फर्रुखाबाद इटावा सुरक्षित कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन सुरक्षित झांसी और हमीरपुर हैं चौथे चरण में क्ल एक सौ बावन प्रत्याशी चुनाव मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने कभी धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं बरता और देश के सभी दलितों को न्याय दिलाने की कोशिश की है झारखंड के लोहरदग्गा में जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि कल लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बाद विपक्षी दलों को हार दिख रही है और अब उन्होंने ईवीएम मशीनों पर आरोप लगाकर हार के बहाने बनाने शुरू कर दिये हैं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया है कि केन्द्र में अगली सरकार नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी वह आज बिहार के मुंगेर में चुनाव रैली को सम्बोधित कर रहे थे उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने कहा है कि सिर्फ कांग्रेस ही किसानों और बेरोजगार युवकों का भला कर सकती हैं वे आज लखीमपुर खीरी में जनसभा को संबेधित कर रहे थे कॉप्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज बुंदेलखंड के दौरे पर रहीं श्रीमती वाड्रा महोबा के परमानंद चौक पहँची जहां अपने रोड़ शो के माध्यम से लोगों के काँग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की हरदोई सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी वीरेन्द्र वर्मों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेसी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी पर किए तीखे प्रहार करते हुए कहा कि जब से योगी की सरकार आई है नफरत और असहिष्णुता का वातावरण फैला है आज हरदोई में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने हरदोई सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र के लिए श्रीमती उषा वर्मा के समर्थन में आयोजित जनसभा में कहां कि आज देश नाजुक स्थिति से गुजर रहा है बीजेपी ने लोगों का भरोसा खत्म कर दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि साफ सफाई और तंदरूस्ती देश के सामने दो बड़े मुद्दे हैं जिनकी बीमारियों से निपटने में अहम भूमिका है अमिनेता अक्षय कुमार को दिये गैर राजनीतिक इंटरव्यू में श्री मोदी ने कहा की स्वच्छता के बारे में उन्हें हमेशा महात्मा गांधी से प्ररेणा मिली है प्रधानमंत्री ने नौ करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का श्रेय पूरे देश को दिया श्री मोदी ने कहा कि जब वे प्रधानमंत्री बने तो अन्य प्रधानमंत्रियों की अपेक्षा उनकी स्थिति बेहतर थी क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें सुधार के कामों का व्यापक अनुभव प्राप्त हो चुका था आगरा संसदीय क्षेत्र के एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र के जेटौरा गांव के प्राइमरी स्कूल पर दृथ संख्या चार सौ पचपन पर पुनर्मतदान कराया जायेगा

आगरा में दूसरे चरण में अट्ठारह अप्रैल को मतदान हुआ था

आगरा उत्तर विधानसभा के विधायक जगन प्रसाद गर्ग का विगत दस अप्रैल को असामयिक निधन हो गया था जिसके बाद यह सीट रिक्त हो गयी प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि इस सीट के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि उन्तीस अप्रैल है जबकि नामांकन पत्रों की जांच तीस अप्रैल को होगी और दो मई तक नाम वापसी हो सकेगी इस सीट की मतगणना तेईस मई को होगी इस बीच आगरा उत्तरी विधानसभा उप चुनाव के लिये कांग्रेस ने रणवीर शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है छठे चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच की गयी नामांकन भरने का कल अंतिम दिन था शुक्रवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे छठे चरण में सात राज्यों की उन्सठ संसदीय सीटों के लिए बारह मई को मतदान होगा दिल्ली पुलिस ने रोहित शेखर तिवारी की हत्या के सिलसिले में उनकी पत्नी अपूर्वा शुक्ल तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है चालिस वर्षीय रोहित उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के पूत्र थे